फर्जी डिग्री मामले में संलिप्त विश्वविद्यालयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी सरकार विपक्ष ने सरकार पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का लगाया आरोप मुख्यमंत्री ने आरोपों को बताया निराधार भारत व दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय किकेट मैच कल धर्मशाला में प्रश्नकाल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के मामले में भर्ती और पदोन्नति नियम लागू नहीं होते क्योंकि ये कंपनी के कर्मचारी हैं और सीधे तौर पर सरकार के कर्मचारी नहीं हैं प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान आज विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के सवाल के जवाब में ये बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण पर रोक लगाई है और उन्हें हर माह वेतन दिया जा रहा है विधायक राकेश सिंघा के एक प्रतिप्रक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर सकती मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देना फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है विधायक कमलेश कुमारी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान भोरंज उपमंडल में लगभग सभी विभागों के मंडलीय कार्यालय काम कर रहे हैं

उन्होंने कहा कि इन दोनों बस अड्डों के लिए भूमि ट्रांसफर का काम पूरा होते ही इनका निर्माण कार्य आरंभ कर लिया जाएगा विधायक अनिल शर्मा के सवाल पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी में अगले साल से नियमित कक्षाएं आरंभ होंगी उन्होंने कहा कि महाविद्यालय को क्लस्टर विश्वविद्यालय का दर्जा देने का काम अंतिम चरण में है और इसके तुरंत बाद यहां नियमित कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी भारद्वाज ने कहा कि इस विश्वविद्यालय को एफिलिएटिंग विश्वविद्यालय बनाया जाएगा

प्रदेश विधानसभा में आज आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण का मुद्दा जोर शोर से उठा और विपक्ष ने सरकार पर आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए सदन से वाकआउट किया

इस पर सदन में दोनों पक्षों की ओर से शोरगुल आरंभ हो गया और काफी देर तक हंगामा चलता रहा विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों पर ध्यान नहीं दे रही है

विपक्ष के वाकआउट से नाराज मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन से बाहर जाना विपक्ष की आदत सी बन गई है मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने तथ्यों पर जवाब दिया है और उनकी सरकार में किसी भी वर्ग के शोषण की गुंजाइश नहीं है जयराम ठाकुर ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों का पूर्व कांग्रेस सरकार में शोषण हआ है और राजनीतिक मकसद से इनका इस्तेमाल किया गया

फर्जी डिग्री मामले पर विधानसभा में आज एक विशेष व्यक्तव्य में उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों से प्रदेश की छवि को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार इस मामले पर पूरी तरह गंभीर है और भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो इसके लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं

अग्निहोत्री ने कहा कि जयराम ठाक्र को प्रदेश के सबसे अधिक कर्ज लेने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाएगा उन्होंने बजट दस्तावेज को दिशाहीन करार दिया भाजपा के राकेश पठानिया ने बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए प्रदेश पर कर्जो के बोझ के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया कांग्रेस के मोहन लाल ब्राक्टा ने विधायक निधि को बढ़ाने की मुख्यमंत्री की बजट घोषणा का स्वागत किया और इसे दो करोड़ रूपए करने की मांग की

दोनों टीमों ने आज अभ्यास मैच खेले दक्षिण अफ्रीका के कप्तान क्विंटन डी कॉक ने बताया कि परिस्थितियों के अनुसार मैच की रणनीति बनाई जाएगी भारतीय टीम के तेज़ गेंदबाज़ भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि टीम का फोकस सीरीज़ जीतने पर रहेगा और ये आईपीएल व टी टवेन्टी वर्ल्ड कप के लिए भी अच्छा रहेगा धर्मशाला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय टीम हर परिस्थिति में खेलने को तैयार हैं मौसम प्रदेश के उंचाई वाले इलाकों में आज भी रूक रूक कर हल्का हिमपात हो रहा है जबकि निचले क्षेत्रों में कहीं कहीं वर्षा हुई है हिमपात व वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग खोलने का कार्य बाधित हुआ है